विमानतल के विस्तारीकरण में नई टर्मिनल बिल्डिंग एटीसी टॉवर टेक्निकल ब्लॉक फायर स्टेशन रनवे एप्रेन बाउण्ड्रीवाल सहित कार्य किए जाएंगे डुमना विमानतल के विस्तारीकरण से जबलपुर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी और व्यापार भी बढ़ेगा जल महोत्सव खंडवा के हनुवंतिया में चौथा जल महोत्सव आगामी आठ दिसम्बर से शुरू होगा

इस बार जल महोत्सव के दौरान एडवेंचर गतिविधियों पर विशेष रूप से फोकस रहेगा चौथे जल महोत्सव आयोजन की तैयारियों संबंधी बैठक में यह जानकारी दी गई इस मौके पर पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक टी इलैया राजा और टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक भावना वालिम्बे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे

वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न सुविघाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी पासपोर्ट सेवा होशंगाबाद जिले के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल नहीं जाना पड़ेगा आज से जिले में ही पासपोर्ट बनने शुरु हो गए है विदेश मंत्रालय एवं भारतीय डाक विमाग के संयुक्त तत्वाघान में पोस्ट ऑफिंस पासपोर्ट सेवा कोन्द्र का उदघाटन आज प्रधान डाकघर होशंगाबाद में किया गया पासपोर्ट सेवा केन्द्र का उदघाटन सांसद राव उदय प्रताप सिंह विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा की मौजूदगी में किया गया गौरतलब है लोगों की जरुरतों को देखते हुए सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने विदेश मंत्रालय से जिले में कार्यालय खोले जाने की मांग रेखी थी जिसे मंत्रालय ने स्वीकार किया था

श्री चौहान ने टिवटरे पर श्री चटर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा सदस्य रहने के दौरान श्री चटर्जी के साथ काम किया श्री चटर्जी के निघन से भारतीय राजनीति को बड़ी क्षति पहुंची है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का आज सुबह कोलकाता में निधन हो गया वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे और कुछ दिन पूर्व उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था महाकाल सवारी उज्जैन में श्रावण माह के तीसरे सोमवार को आज महाकाल की तीसरी सवारी निकाली जाएगी

मंदिर के समामण्डप में श्री महाकालेश्वर भगवान के पूजन के बाद सवारी निकाली जाएगी जो श्री महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट जायेगी जहां क्षिप्रा नदी के जल से अभिषेक और पूजन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में वापस आएगी जिला प्रशासन ने सवारी के मद्देनजर सरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं वहीं ओंकारेश्वर में भी भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की सवारी में हजारों की संख्या में भक्त शामिल होंगे आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में स्थित त्रितापेश्वर महादेव के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है आगर मालवा में बैजनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्वालू पहुंच रहे हैं शाजापुर जबलपुर में कांवडयात्रा निकाली जा रही है

यह प्रचार रथ सभी विकास खण्डों में जायेंगे रथों के लोकेशन की मॉनिटरिंग जनसंपर्क मुख्यालय से की जायेगी जीपीएस लिंक जिला जनसंपर्क अधिकारियों को भी उपलब्ध कराये जायेंगे हादसा शिवपुरी जिले में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में चार शिक्षकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बदरवास पुलिस सूत्रों ने बताया कि ग्राम श्रीपुर के पास आगरा मुंबई फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक कार खड़े द्रक से टकरा गई

संक्षिप्त समाचार शहडोल में डीम्ड सरल समाधान योजना से व्यापारी खुद टैक्स भर रहे हैं

ये कार्यशाला राज्य आनंद संस्थान में होगी